जापान अंतरराष्ट्रीय कॉरर्पोशन एजैन्सी के उपनिदेशक ताकुमी कुनिताके ने कल शिमला में मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी से परियोजना के दूसरे चरण को शुरू करने संबंधी चर्चा के दौरान ये आश्वासन दिया एजैन्सी का एक दल इन दिनों प्रदेश के दौर पर है दल ने परियोजना के पहले चरण के तहत पांच ज़िलों बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा और मंडी के विभिन्न भागों का दौरा भी किया साईबर क्राइम प्रदेश पुलिस ने लोगों को साईबर अपराधों से बचाने के लिए एडवाईजरी जारी की है

बैंक खाते से अनाधिकृत रूप से पैसा निकलने की रिथति में पुलिस को सम्पर्क किया जा सकता है संदिग्ध शोपिंग साईटस से ऑनलाईन खरीददारी नहीं की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि गूगल पर मौजूद शिकायत हैल्पलाईन नम्बर या ग्राहक सेवाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए गोविंद ठाकुर कुल्लू में चल रहे अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में आयोजित तीन दिवसीय ग्रामीण खेल उत्सव और उत्तर क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कल सम्पन्न हुई खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने विजेता टीमों को समानित किया हिमाचल डाक सर्कल की टीम वॉलीबॉल प्रतियोगता की विजेता रही जबकि पंजाब के मस्ताना साहिब की टीम उपविजेता रही ग्रामीण खेल उत्सव वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाईनल में न्यूली ने अलेयू को हराया इस दौरान महिला कुश्ती प्रतियोगिता भी आर्कषण का केंद्र रही खेलमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय कब्बडी खिलाड़ी कविता ठाकुर व पूजा वर्मा को विशेष रूप से सम्मानित किया

दूसरे चरण की ये कांउसलिंग सरकारी डाईट और मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए होगी बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि अभ्यार्थियों की तिथिवार सूची बोर्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध है पर्यटन निगम प्रदेश पर्यटन विकास निगम करवाचौथ और दीपावली के मौके पर विशेष पैकेज जारी कर रहा है

इसके अलावा करवाचौथ को लेकर पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी निशुल्क दी जाएगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर पच्छाद उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लघंन संबंधी खबर को आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है पच्छाद उपच्नाव में आचार संहिता के उल्लघंन पर केस दर्ज करने के आदेश जबकि दिव्य हिमाचल का शीर्षक है कांग्रेस की शिकायत सीएम का जवाब उपचुनावों में विधानसभा अध्यक्ष बिंदल पर गरमाई प्रदेश की सियासत दैनिक भास्कर लिखता है सरकारी संपत्ति पर पोस्टर व झंडे लगाने को लेकर पच्छाद में रीना कश्यप पर दर्ज होगी एफआईआर आपका फैसला लिखता है आचार संहिता उल्लघंन की शिकायत पर बिदंल को चुनाव आयोग का नोटिस दैनिक सेवरा टाईम्स की सुर्खी है निर्वाचन आयोग ने विधानसभा अध्यक्ष से जवाब किया तलब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दोबारा अस्वस्थ होने की खबर पर दैनिक भास्कर लिखता है डायलिसिस के लिए आईजीएमसी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पंजाब केसरी और दैनिक सवेरा टाईम्स की एक जैसी सुर्खी है आईजीएमसी में वीरभद्र सिंह का हुआ डायलिसिस जबकि अमर उजाला का शीर्षक है वीरभद्र फिर आईजीएससी पहुंचे डायलिसिस हुआ हिमाचल दस्तक का कहना है वीरभद्र सिंह फिर आईजीएमसी में किए भर्ती

लेखक ख्शवंत सिंह की याद में लिटफेस्ट के आयोजन संबंधी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है लिटफेस्ट के मंच से छलका पाकिस्तानी साहित्कारों का ना आने का दर्द

अजीत समाचार के अनुसार कसौली की वादियों में खुशवंत सिंह लिटफेस्ट का आगाज संवेदनशील पदों से बदले जाएंगे अफसर विजिलेंस ने सभी विभागों को जारी किए निर्देश हिमाचल दस्तक की एक ख़बर है अमर उजाला के मुताबिक एक पद पर तीन साल से डटें अधिकारी व कर्मचारी हटेंगे